केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज इस महोत्सव का उद्घाटन किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल इसका औपचारिक उदघाटन करेंगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षकर्धन ने कहा कि विज्ञान में हर समस्या का समाधान है और देश की कई समस्यायें वैज्ञानिक तरीके से हल हो सकती हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वैज्ञानिकों पर विशेष भरोसा है विशेष रूप से यूवा वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिये सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण योजनायें शुरू की गयी है उन्होंने कहा कि विज्ञान महोत्सव के जरिये इस बात का प्रयास किया गया है कि वैज्ञानिक पूरे देश को नजदीक से देखें और समझें डॉक्टर हर्षकर्धन ने कहा कि विज्ञान को लोगों से जोडने के लिये यह महोत्सव एक प्लेटफार्म है हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में विज्ञान के अध्यापकों और विद्यार्थियों सहित करीब दस हजार वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं लखनऊ में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में रक्षा अनुसंघान एवं विकास संगठन इसरो आईसीएआर आईसीएसआर परमाणु ऊर्जा विभाग बॉयो टैक्नोलॉजी कृषि विभाग सहित अन्य विभागों की प्रदर्शनिया लोगा के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं स्टार्टअप के लगमग दो सौ स्टॉल युवा वैज्ञानिकों को बेहद प्रेरित कर रहे हैं मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित है लेकिन वैज्ञानिक गतिविधियां शहर के अलग अलग स्थानों पर की जा रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्सव को हरसंमव सहायता देने की घोषणा की है मुलतान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ विज्ञान से परिवर्तन विषय पर आयोजित इस अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले का समापन आठ अक्टूबर को होगा केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पोलियो के टीके के बारे में आ रही खबरों से घबराने की जरूरत नही है सरकार ने गुणवत्तापूर्ण टीकों की व्यवस्था की है उन्हॉने कहा कि पोलियो का देश से उन्मूलन किया जा चुका है टाई टू पोलियो वायरस दो हजार सोलह में भी पूरी दुनिया से समाप्त हो चुका है इससे पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कल यह कहा गया था कि ऐसी अफवाहें फैलायी जा रही है कि पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो डॉप न पिलायी जाए मंत्रालय ने कहा था कि अभिभावकों को ऐसे किसी अफवाह पर ध्यान दिये बिना अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलानी चाहिए भाजपा शासित कई राज्यों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ढाई रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है यह कटौती केंद्र की ओर से की गई ढाई रुपये प्रति लीटर के अलावा है अब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ महाराष्ट्र गोवा हिमाचल प्रदेश और असम में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पांच रुपये प्रति लीटर कम हो जाएंगी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल ईघन की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम में जल्दी ही शारीरिक रिक्ता और योग को भी शामिल किया जायेगा कानपुर के फूलबाग स्थित ओईएफ ग्राउंड में चौसठवीं प्रादेशिक विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर कल डॉक्टर शर्मा ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी आवश्यक है खेलकूद से बच्चों को एकता और अनुशासन का भी पाठ सिखने को मिलता है उन्होंने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों को भी ध्यान में रखकर काम कर रही है ताकि वहां भी खेल प्रतियोगिताओं का संचालन ठीक से हो सके डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है केन्द्रीय सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने बस्ती जिले के लिए रिंग रोड की स्वीकृति प्रदान कर दी है श्री गड़करी नौ अक्टूबर को जिले के किसान महाविद्यालय में ढ़ाई सौ करोड़ रूपये से बनने वाले इस रिंग रोड का शिलान्यास करेंगे वहां के सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि रिंग रोड का शिलान्यास करने के बाद श्री गडकरी अयोध्या से सीतामढ़ी जाने वाले रामजानकी मार्ग का शिलान्यास भी करेंगे बागपत जिले के बिनौली थाना क्षेत्र के रंछाड़ गांव के जंगल में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक ट् सीटर माइक्रोलाइट एयर क्राफ्ट एम एक सौ तीस दर्घटनाग्रस्त हो गया एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलट पैराशुट से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि भारतीय वायुसेना के इस एयरक्राफ्ट ने हिंडन एयरबेस से आज सुबह उड़ान भरी थी बागपत जिले के बडौत तहसील के रछाड़ गांव के ऊपर से गुजरने के दौरान अचानक एयरक्राप्ट क्रैश होकर गन्ने के खेत में गिर गया एयरक्राप्ट के गिरते ही खेतों में काम कर रहे किसानों में खलवली मच गई इस हादसे में किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है हिंडन एयरवेस से वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंच गये हैं और उन्होंने दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है अभी तक एयरक्राफ्ट दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है